मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आने वाले दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण में देश का युवा अहम भूमिका निभाएगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उम्मीद जताई कि नए दशक में युवाओं की सामूहिक शक्ति से देश का और विकास होगा उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी बेहद प्रतिभाशाली है और लीक से हटकर कुछ नया कर दिखाना चाहती है

उन्होंने कहा कि नया दशक नए संकल्पों नई ऊर्जा नए उत्साह और नए जोश के साथ आ रहा है प्रतिक्रिया इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना

इसके अलावा पैंशनर कल्याण बोर्ड बनाने के लिए भी कारगर कदम उठाए जाएंगे पालमपुर में आज पैंशनर्स महासंघ के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों ने अपने पैंशनरों और कर्मचारियों के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रखे हैं इसके अलावा उनकी न्यायोचित मांगों का समय समय पर निपटारा कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों और पैंशनरों को भी कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उचित प्रयास किए जाएंगे इससे पहले केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया है उन्होंने कहा कि पैंशनर्स महासंघ की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली में आवश्यक बैठक बुलाई जाएगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सांसद किशन कपूर और पैंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएच सुरेश भी सम्मेलन में मौजूद रहे बयान केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस व विपक्षी दलों द्वारा लोगों को गुमराह न करने की सलाह दी है पालमपुर में आज एक राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने कहा कि ये अधिनियम नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है उन्होंने कहा कि इस कानून के अंदर देश के किसी भी नागरिक को अपनी नागरिकता सिद्ध करने या उनकी नागरिकता को छीनने का कोई प्रावधान नहीं है अनुराग ठाकुर इस बीच केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की

उन्होंने पंचायतों से ग्राम स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य करने का आग्रह किया स्वागत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मंत्रिमण्डल की कल हुई बैठक में लिए गए फैसलों का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए महिलाओं का शुल्क माफ कर सरकार ने लाखों महिलाओं को नए साल की सौगात दी है भाजपा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने नागरिकता संशोधन कानून के मुददे पर कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर नागरिकता छीनने का भ्रम फैला रही है

रणधीर शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए निराधार बयानबाज़ी करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह के आरोपों को बरदाश्त नहीं करेगी और जनता के बीच जाकर कांग्रेस नेताओं की पोल खोली जाएगी

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि इससे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तायुक्त व संस्कारयुक्त शिक्षा देने में मदद मिलेगी शिमला जिले में कोटखाई के बगाहर स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से बच्चों को अंग्रेज़ी की शिक्षा भी आरम्भ की जाएगी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि देश का विकास शिक्षित और सफल नागरिकों पर निर्भर करता है ऊना जिले के कोटला कलां स्थित एक स्कूल के समारोह में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और उनकी सफलता के पीछे अध्यापकों का अहम योगदान रहता है सैजल दूसरी ओर सोलन जिले के राजकीय विद्यालय सकोड़ी के समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाने के लिए अभिभावकों और अध्यापकों से एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया